मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वर्षा बेदी और कॉटेंट फ्लो फिल्मस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मूराद अली खान के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता को उजागर करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं को हर संभव सहायता दी जाएगी पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है इस वर्ष पर्यटन दिवस का विषय टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर आल रखा गया है इस अवसर पर नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति वेंकेया नायडू की अध्यक्षता में मुख्य आयोजन होगा जिसमें विभिन्न राज्यों के पर्यटन मन्त्री और देश विदेश के उद्यमी व विशेषज्ञ भी शामिल होंगे इधर प्रदेश में भी पर्यटन दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि डाक विभाग देश के प्राचीनतम संस्थानों में से एक है जो देशवासियों को सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के साथ साथ अपने कर्मचारियों के हितों के लिए भी सजग है

राज्यपाल ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमैंट बैंक की स्थापना से डिजीटल वित्तीय लेन देन देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच गया है प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम पहले कर्नाटक दूसरे और पश्चिम बंगाल की टीम तीसरे स्थान पर रही मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकान्त बाल्दी ने शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं वे कल शिमला में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य सचिव ने इस कार्य के लिए विभिन्न श्रेणियों कई पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की बाल्दी ने बाद में अम्रूत योजना को तहत हुई प्रगति की समीक्षा भी की और अब तक हुए कार्यों पर सन्तोष जताया डीसी मंडी मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन के तहत प्राप्त जनसमस्याओं के निपटारे में किसी भी स्तर पर विलम्ब न करने के निर्देश दिए हैं उपायुक्त ने कल मंडी में हैल्पलाईन के प्रभावी संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी अधिकारी हैल्पलाईन के तहत हर रोज़ अपना डैशबोर्ड चैक करें

अमर उजाला की सुर्खी है एचपीसीए अध्यक्ष के लिए अनुराग के छोटे भाई अरूण ध्रमल का नामांकन धर्मशाला में चुनाव आज दैनिक जागरण का शीर्षक है अरूण धूमल होंगे एचपीसीए के अध्यक्ष दैनिक भास्कर के शब्द हैं अरूण की टक्कर में कोई नहीं अब छोटे भाई के हाथों में होगी एचपीसीए घोषणा आज दिव्य हिमाचल के अनुसार चुनाव में एकमात्र नामांकन के चलते ताजपोशी तय निर्विरोध चुना जाएगा पूरा पैनल

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं वर्तमान से ज्यादा पूर्व विधायक कर रहे मौज

सुधीर के इन्कार ने कांग्रेस को उलझाया शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है उम्मीदवारों का रिकॉर्ड बनेगा टिकट का आधार

उप चुनावों में बाहरी ही संभालेंगे जिम्मेदारी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है चुनाव ड्यूटी पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी नहीं होंगे तैनात

नमस्कार